इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे नामांकन भरने से पहले श्री गांधी ने रोड शो किया वही वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात मे जूनागढ़ से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरूआत की रैली को संबोधित करते हए श्री मोदी ने लोगों से पुछा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यों पर गर्व है उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी धब्बा नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी को हटाने के सिवा कांग्रेस का कोई एजेण्डा नही है

छिन्दवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और जबलपुर से विवेक तन्खा ने कल अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया वहीं शहडोल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने भी कल पर्चा भरा इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे हालांकि शहडोल बालाघाट और छिन्दवाड़ा में बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है बालाघाट सिवनी सीट से पार्टी के मौजूदा सांसद बोधसिंह भगत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है वहीं शहडोल में सांसद ज्ञान सिंह टिकट कटने से नाराज है छिन्दवाड़ा में टिकट की रेस में आगे चल रहे मनमोहन शाह बट्टी ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है उनकी मौजदूगी का नुकसान भाजपा को हो सकता है सुको रफाल उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की इन आपत्तियों को आज खारिज कर दिया है कि उसके द्वारा गोपनीय बताये जा रहे दस्तावेज को रफाल लडाक विमान सौदा पर उसके फैसले पर पुनर्विचार के लिए विश्वसनीय नहीं माना जा सकता

अधिसूचना लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण की अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खज्राहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह आज पहले दिन ही नामांकन दाखिल करेंगे इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे उधर दमोह में प्रशासन ने प्रत्याशियों द्वारा नामांकन जमा करने के दौरान अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसी कड़ी में टीकमगढ़ में नजरबाग महिला पार्क को मतदाता पार्क में बदला गया है इस पार्क में महिलाओं को वीवीपेट के जरिए मतदान करने के वारे में बताया जाएगा वहीं टीकमगढ जिले की स्वीप आईकोन वैष्णवी द्वारा कल महिलाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गयी

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के टिकोन गॉव में शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने एक रैली निकाली इस दौरान बच्चे मतदान का संदेश लिखी तख्तियां और बैनर हाथों में लिये हुए थे शाजापुर जिले में जिन मतदान केन्द्रों में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम था वहां महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल विशेष अभियान चलाया गया बुरहानपुर दमोह छिन्दवाड़ा सतना रायसेन नीमच सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज मुम्बई में रात आठ बजे किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला मुम्बई इंडियन्स से होगा वही कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से हरा दिया

फिलहाल कार्यवाही जारी है